आजादी के अमृत महोत्सव में सभी स्वाधीनता सेनानियों की संघर्ष गाथा को सामने लाने पर दिया जोर

श्रुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

उन्होंने कहा कि इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे जुड़ते रहे और कुछ न कुछ नया जोडते रहे

अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण था आनेवाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगे उन्होंने कहा कि जनता को इस बात का अंदाजा नहीं कि हमारे कोरोना योद्वाओं के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दीया जलाना उनके दिल को कितना छू गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढावा देने के लिए देश में इकहत्तर लाईट हाउस की पहचान की गयी है इन सभी लाईट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक संग्रहालय एम्फीथियेटर ओपनएयर थियेटर कैफे बच्चों के लिए पार्क और इको फेंडली कॉटेज तैयार किये जायेंगे प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला किकेट टीम की खिलाड़ी मिताली राज को नया विश्व रिकार्ड बनाने की बधाई भी दी प्रधानमंत्री ने कहा कि चौदह अप्रैल डॉ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है यह दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है उन्होंने कहा कि इस दिन को भी हम जरूर यादगार बनायेंगे अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्वांजली देंगे उन्होंने मन की बात को सफल बनाने के लिए समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल भरूच जिले के सरोद गांव में यात्रा में हिस्सा लिया पदयात्रियों को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि दांडी मार्च का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है दांडी मार्च से पता चला था कि वास्तविक सत्ता धन या अन्य किसी शारीरिक संसाधनों से नहीं मिलती है बल्कि यह स्व अधिकारिता से मिलती है

उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है जाने माने शिक्षाविद् और राज्यसभा के पूर्व सदस्य एन नरोत्तम रेड्डी की जयंती के शताब्दी समारोह के सिलसिले में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में रुकावट का मतलब है चर्चा लोकतंत्र और देश को रोकना

इसके पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी गई थी दो फरवरी से अग्रणी कार्यकर्ताओं को टीके लगाने का काम शुरू हुआ

हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरन्तर बढ रही है

वहीं होली का त्योहार कल मनाया जायेगा इन त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो इधर राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार अपने घरों में ही रहकर मनाये ईसाई समुदाय के लोग आज खजूर पर्व मना रहे हैं हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज खजूर की डालियों के साथ निकलने वाला जुलूस नहीं निकाला जा रहा है खजूर पर्व के मौके पर विभिन्न गिरिजाघरों में विशेष आराधना होगी स्वास्थय विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है इसके तहत संक्रमित मरीजों की पहली जांच सात दिन बाद होगी अगर मरीज बिना लक्षण वाला है और सात दिन बाद भी पॉजीटिव आता है तो हर दूसरे दिन उसकी जांच की जायेगी वहीं अगर सात दिन बाद रिपोर्ट निगेटिव आती है तो मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जायेगा हालांकि डिस्चार्ज के बाद सात दिन तक उसे यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा हल्के लक्षण वालों मरीजों पर भी यह प्रोटोकॉल लागू होगा

वहीं निन्यानवें मरीज कल स्वस्थ हुए वर्तमान में राज्यभर में सकिय मरीजों की संख्या एक हजार तीन सौ निन्यानवें है लोहरदगा जिला में कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है

श्री कमार ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया आवेदन पत्र और पूरे पते के साथ बैंक शाखाओं की राज्यवार सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के अधिकृत डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थाओं से जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ही पंजीकृत बैंक शाखाओं पर स्वीकार किए जाएंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य है क्योंकि पवित्र ग्फा काफी ऊंचाई पर स्थित है और यात्रा बहत कठिन है

प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंड्रोएड मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है

भारतीय खादय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बोतलबंद पानी और मिनरलवाटर निर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण की खातिर भारतीय मानक ब्यूरो बीआइएस का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसआइ ने यह निर्देश दिया है यह निर्देश इसी वर्ष एक अप्रैल से लागू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पुणे में खेला जाएगा यह मैच अब से थोड़ी देर में शुरू होगा दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं